मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज में हए जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की यह पहला मौका रहा जब मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर जनता की समस्याओं का समाधान किया इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बिलासपुर ज़िले के नैनादेवी सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने सुजानपुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने शिमला ज़िले के मशोबरा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सिरमोर जिले के पच्छाद ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के कुटलैहड़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता की इसी तरह किन्नौर जिले के टापरी में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल कांगड़ा के बैजनाथ में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चम्बा के चुराह में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनीं वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सोलन ज़िले के कसौली जबकि उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने क्ल्लू ज़िले के आनी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की

वे सिराज विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय बगस्याड से अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का शुभारम्भ करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री बगस्याड़ थुनाग सड़क के विस्तार कार्य का भूमिपूजन करने के अलावा शाहन पंचायत में सुनास उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण करेंगे जयराम ठाकुर बगस्याड़ कांडा बडीन सड़क के विस्तार कार्य का भूमिपूजन भी करेंगे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि लोगों को बीमारियों से बचाने और किसानों की आय को दोगुना या तिगुना करने का एकमात्र साधन शुन्य लागत प्राकृतिक कृषि है

राज्यपाल ने कहा कि इससे न केवल देशी गांय का संरक्षण होगा बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है शिविर महिला व बाल विकास और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सुंदरनगर के डैहर में आज जागरूकता शिविर लगाया विधायक राकेश जम्वाल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यसमिति पर्यटन प्रकोष्ठ की आज सोलन में हई बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई बैठक में सांसद वीरेन्द्र कश्यप प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त और महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर भी मौजूद रहे इस दौरान निर्णय लिया गया कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना तैयार कर उसे मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा खेल मैदान मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आध्निक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेल संघों को मिलने वाली अनुदान राशि में भी उपयुक्त बढ़ोतरी की गई है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की

परिषद के अनुसार प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा